इस अवसर पर मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई है वहीं अन्नकूंट प्रसादी वितरण के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए है राजसमंद जिले के नाथद्वारा में वल्लभ सम्प्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी मन्दिर में आज अन्नकूट उत्सव का विशेष आयोजन किया जा रहा है

जयपुर के गोविन्द देवजी मन्दिर में आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है ठाकुरजी को सुनहरी पोशाक धारण कराकर विशेष आभूषणों से अलंकृत किया गया झालावाड़ जिले में महिलाओ ने आज गोवर्धन पर्व पर गोवर से बने गोवर्धन की पूजा अर्चना की साथ ही घर परिवार की रक्षा के लिए मंगल कामना की आज के दिन पशुपालक विशेष रूप से पशुओं का श्रंगार कर रहे है जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में आज पालतू पशुओं गाय बेल भैंस आदि की पूजा की जा रही है प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पशु मेलों का आयोजन किया जा रहा है जैसलमेर बाड़मेर और जालौर जिले के ग्रामीण इलाकों में आज पश्च दौड़ के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है

प्रधानमंत्री ने भारतीय रक्षा बलों के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हीं के दम पर ये सम्भव हुआ है कि केन्द्र सरकार वो फैसले ले पायी जो असम्भव माने जाते थे

कल बीकानेर से लगती अंतरराष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर सेना के जवानों को दिवाली के अवसर पर सम्बोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने इस देश का जो मान बढ़ाया है वह तारीफ के कार्बिल है

इसके लिए श्री मोदी आज सऊदी अरब की एक दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे है वे आज देर रात रियाद पहुंचेंगे वे सऊदी नरेश सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री मोदी के इस दौर पर सुरक्षा सहयोग नवीकरणीय ऊर्जा पेट्रोलियम रक्षा उद्योग के अलावा दोनों देशों के बीच रणनीति भागीदारी परिषद के लेकर अहम ज्ञापन समझौता होने की उम्मीद है

पीड़िता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नामजद लोगों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए है

सुबह और शाम के समय गुलाबी ठण्ड का असर होने लगा है बाड़मेर जिले में आज ठंडी हवाए चलने और बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई

आग लगने का कारण पटाखें की चिंगारी या शोर्ट सर्किट बताया जा रहा है